यह विशेष अदालतें अगले साल तक काम करना शुरू कर देंगी इनमें महिला के यौन उत्पीड़न और बाल अपराधों से जुड़े पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई होगी

वित्त मंत्रालय की व्यय वित्त समिति के द्वारा नई अदालतों से जुडे प्रस्ताव को स्वीकृति मिलना बाकी है

इस दौरान ध्यानाकर्षण सूचनायें और याचिकायें प्रस्तुत की गई विधायक संजय यादव द्वारा दशहरा दीवाली होली जैसे त्योहारों के दौरान विद्यालयों में छट्टियों की संख्या में बढ़ोत्तरी कर छट्टियों के तुरंत बाद कोई परीक्षा ना करने को लेकर अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल ने वचनपत्र पर सवाल उठाते हुये आरोप लगाया कि सरकार के वचन पूर्ण करने के दावे में जमीन आसमान का फर्क है भाजपा विधायक रामपाल सिंह ने अपने प्रश्न के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में जानकारी मांगी इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जायेगा भोपाल के मास्टर प्लान के संबंध में विधायक रामेश्वर शर्मा ने मंत्री जयवर्धन सिंह से सवाल किया इस पर जवाब देते हुये श्री सिंह ने कहा कि सड़कों का निर्माण बजट की व्यवस्था के आधार पर किया जाता है उन्होंने कहा कि भोपाल के मास्टर प्लान पर काम जारी है उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक इसे लागू कर दिया जायेगा

प्रश्नकाल के दौरान श्री गोयल ने कहा कि स्मार्ट सिटी मामले में गाइडलाइन का पालन नही किया जा रहा उन्होंने कहा कि गाइडलाइन में गरीबों के लिये किफायती आवास अच्छा पर्यावरण स्वास्थ्य सुविधायें खेल मैदान उल्लेखित हैं लेकिन अधिकारी उनका पालन नहीं कर रहे इस पर मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी का चयन दूसरे चरण में हुआ था

कई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं मंत्री ने विधायक श्री गोयल को आश्वासन दिया कि उनकी इच्छानुसार कार्यों को पूरा किया जाएगा

इनमें बिजली बिल मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण वैवाहिक प्रकरण श्रम विवाद मामले भूमि अधिग्रहण प्रकरण जलकर राजस्व प्रकरण जैसे मामले आपसी सहमति सुलझाये जायेंगे नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा

जबलपुर अनूपपुर नरसिंहपुर उमरिया खंडवा रीवा सतना सीधी सिंगरौली धार देवास सागर रायसेन राजगढ़ गुना शिवपुरी टीकमगढ़ डिंडौरी बैतूल छिंदवाड़ा सीहोर झाबुआ बड़वानी उज्जैन होशंगाबाद ग्वालियर भिंड मुरैना और शहडोल से भी लोक अदालत आयोजन की तैयारियों के समाचार मिलें हैं

इस कार्यक्रम में आदर्श व्यक्तियों एवं संगठनों के कृतित्व की सफलता की कहानियों को समाहित किया जाता है

इस अंक में राज्य भर से चुनिंदा खास कहानियों को संकलित किया गया है दूरदर्शन के प्रादेशिक समाचार एकांश प्रमुख पूजा वर्धन और सहायक निदेशक सत्येंद्र सरन द्वारा कल राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात कर इस अंक की सीडी भेंट की इस दौरान राज्यपाल ने समाचार एकांश के प्रयासों की जानकारी ली और अच्छी खबरों के लिए शुभकामनाएं भी दी

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं अब आप प्रसार भारती के अधिकारिक एप न्यूज ऑन एआइआर पर भी समाचार लाइव सुन सकते हैं

श्री गोयल ने कहा कि लेकिन सेमी हाईस्पीड गाड़ियों के परिचालन तथा बेहतर यात्री सुविधाओं के लिये यदि बाहर से निवेश आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए

इस दौरान अमरकंटक में उदगम स्थल से लेकर प्रदेश के सभी घाटों पर आयकर विभाग का स्टाफ जनसहयोग से स्व्छता अभियान चलायेगा यह जानकारी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अजय कुमार चौहान ने दी

श्री चौहान ने एक सवाल के जवाब में बताया कि उनका विभाग प्रदेश में जमीन मकान सोना चांदी की खरीदी बिक्री से लेकर तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हये है

राजधानी भोपाल सहित राज्य के अन्य हिस्सों में आज बादल छाए रहने से दिन में उमस महसुस की गई

बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहा सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम खुलने के साथ ही किसान खरीब फसलों के बुवाई में जुट गये हैं